चौदह जिलों की लगभग पचपन लाख की आबादी प्रभावित

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुए कोरोना पॉजिटिव

प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गयी है लगातार सुरक्षा तटबंधों के टूटने से नये इलाकों में बाढ़ का पानी फैल रहा है मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि मुरौल और सकरा के बीच बूढ़ी गंडक नदी पर बने तिरहुत नहर का तटबंध टूट गया है जिससे कई नये इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है

पानी धर्मागतपुर और जुड़ावनपट्टी होते हुए शिहो सकरा की ओर जा रही है इस क्षेत्र से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिये एनडीआरएफ की दो टीमें लगी हुई हैं राहत कार्य मी शुरू कर दिया गया है जिला प्रशासन ने लोगों से नहीं घबड़ाने और संयम से काम लेने की अपील की है जिले के अन्य प्रमावित क्षेत्रों में भी बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है आकाशवाणी समाचार के लिये मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक दरभंगा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि करजापट्टी पंचायत के लाधा गांव में बागमती नदी का पूर्वी बांध लगभग पंद्रह फीट में टूट गया है साउंड बाईट जल संसाधन दिमाग के अमियंता स्थानीय लोगों की मदद से टूटे बांध की मरम्मत में लगे हुए हैं लोगों को ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है वहीं हायाघाट और बहेरी प्रखंड के विभिन्न तटबंधों पर पानी का दबाव बढ़ने से रिसाव हो रहा है दरमंगा शहरी क्षेत्रों में भी स्थिति गंमीर बनी हुई है मुख्य सड़कों पर पानी का बहाव होने से आवागमन प्रभावित हुआ है आकाशवाणी समाचार के लिये दरभंगा से मणिकांत झा समस्तीपुर जिले में बूढ़ी गंडक बागमती और करेह नदी के जलस्तर में वृद्धि से नये इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से साउंड बाईट करेह नदी के जलस्तर मे भारी वृद्धि को देखते हुए समस्तीपुर जिले के शिवाजीनगर सिंधिया बिथान और हसनपुर में लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है वहीं जिले के सिंधिया प्रखंड के लगमा समेत विभिन्न स्थानों पर पानी के भारी रिसाव के कारण बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है जल संसाधन विमाग की टीम सुरक्षात्मक कार्यो में जुटी है

आकाशवाणी समाचार के लिये समस्तीपुर से कृष्ण कुमार सीतामढ़ी से हमारे संवाददाता ने बताया कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण बागमती और अधवारा समूह की नदियां उफान पर है

गोपालगंज सारण और सीवान जिले में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हई है अररिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि पलासी प्रखंड में बहने वाली रतवा नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण बुद्वि काशाबाड़ी गांव में कटाव का खतरा बढ़ गया है वहीं थाकी बांध के क्षतिग्रस्त हो जाने से कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है सुपौल जिले में कोसी और सहायक नदियों में उफान से पांच प्रखंडों की लगभग बयासी हजार की आबादी प्रभावित हुई है वहीं खगड़िया जिले में कोसी बागमती करेह और गंगा नदी के उफान से छत्तीस पंचायत प्रभावित हुए हैं मधुबनी के तीन शिवहर के चार और किशनगंज के पांच पंचायत भी बाढ़ की चपेट में हैं इस बीच बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की इकतीस टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं उन्नीस राहत शिविरों का संचालन किया जा रहा है जहां लगभग तीस हजार लोग रह रहे हैं वहीं एक हजार तीन सौ पचासी सामुदायिक रसोई घर भी संचालित किये जा रहे हैं जहां लगभग दस लाख लोगों को तैयार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार चौदह जिलों के एक सौ तेरह प्रखंडों की एक हजार उनसठ पंचायतों में लगभग पचपन लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है इधर आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र डू ने बताया कि दो लाख बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच छह छह हजार रूपये की सहायता राशि उपलब्ध करा दी गयी है प्रदेश की अधिकांश नदियां खतरे के निशान से ऊपर है गंडक नदी गोपालगंज के ड्मरिया घाट में लाल निशान से एक मीटर बाईस सेंटीमीटर ऊपर हैं वहीं ब्रुढ़ी गंडक नदी का जलस्तर पश्चिम चंपारण जिले के लालबगिया घाट मुजफ्फरपुर के अहिरवलिया सिकंदरपुर तथा समस्तीपुर और खगड़िया में लाल निशान से ऊपर बना हुआ है बागमती नदी सीतामढ़ी के ढेंगब्रिज में लाल निशान से सोलह सेंटीमीटर ऊपर चली गयी है वहीं रून्नीसैदपुर में यह लगभग दो मीटर ऊपर है बेनीबाद और हायाघाट में भी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है वहीं अधवारा समूह की नदियां सीतामढ़ी में लाल निशान से नीचे है लेकिन दरभंगा के एकमी घाट में यह दो मीटर जबकि कमतौल में लगभग एक मीटर ऊपर बह रही है इसी तरह कमला बलान मध्रबनी के जयनगर और झंझारपुर में तथा कोसी नदी खगड़िया के बलतारा कटिहार के कुरसेला और किशनगंज के तैयबपुर में लाल निशान को पार कर गयी है महानंदा नदी किशनगंज के तैयबपुर में पूर्णिया के ढेंगरा घाट में और कटिहार के झावा में लाल निशान से ऊपर बह रही है परमान नदी का जलस्तर अररिया में लाल निशान से आधा मीटर ऊपर है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी भाग के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम वैज्ञानिक रविन्द्र कुमार ने बताया कि इस अवधि में वजपात की भी आशंका है

देश भर में पिछले चौबीस घंटों में रिकार्ड इक्यावन हजार दो सौ पचपन कोविड उन्नीस संक्रमितों को उपचार के बाद छूट्टी दी गयी इसके साथ ही इस वैश्विक महामारी से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर ग्यारह लाख पैंतालीस हजार छह सौ उनतीस हो गयी है स्वस्थ होने की दर पैंसठ दशमलव चार तीन प्रतिशत है एक दिन में चौवन हजार सात सौ पैंतीस नये मामले सामने आये हैं संक्रमितों की संख्या बढ़कर सत्रह लाख पचास हजार सात सौ तेईस हो गयी है वहीं एक दिन में आठ सौ तिरपन लोगों की मौत के साथ मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर सैंतीस हजार तीन सौ चौंसठ हो गया है केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उन्होंने ट्वीट कर बताया है कि उनका स्वास्थ्य ठीक है लेकिन वे डॉक्टरों के परामर्श पर अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं श्री शाह ने बताया कि कोविड उन्नीस के लक्षण पाए जाने के बाद उन्होंने जांच कराई थी गृहमंत्री ने अपने संपर्क में आने वाले लोगों से अनुरोध किया है कि वे स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच कराएं इधर महानायक अमिताभ बच्चन की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी है अभी वे चौदह दिनों के होम आइसोलेशन में रहेंगे प्रदेश में दो हजार सात सौ बासठ नये मामलों की पुष्टि के साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर संतावन हजार दो सौ सत्तर हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के ब्रलेटिन के अनुसार पिछले चौबीस घंटे में एक हजार एक सौ चौंसठ लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी है स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर छत्तीस हजार छह सौ सैंतीस हो गयी है स्वस्थ होने की दर चौंसठ प्रतिशत है वहीं पिछले चौबीस घंटों में दस लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या बढ़कर तीन सौ बाईस हो गयी है अभी बीस हजार तीन सौ दस मरीजों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है प्रदेश में प्रतिदिन कोविड उन्नीस के पचास हजार नमूनों की जांच का लक्ष्य रखा गया है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों में पैंतीस हजार छह सौ उन्नीस नमूनों की जांच की गयी उन्होंने बताया कि अब तक छह लाख बारह हजार से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है सात दशमलव सात पांच प्रतिशत मामले पॉजिटिव पाये जा रहे हैं उन्होंने बताया कि टेस्टिंग और ट्रेकिंग पर विभाग जोर दे रहा है ताकि पॉजिटिव पाये जाने वाले मामलों की दर को अगले कुछ दिनों में पांच प्रतिशत पर लाया जा सके उन्होंने बताया कि राज्य में दो निजी मेडिकल लैब को कोरोना जांच की मंजूरी दी गयी है जहां ढाई हजार रूपये का शुल्क निर्धारित किया गया है तीन सौ रूपये अतिरिक्त देने पर लैब के कर्मी घर आकर नमूना एकत्र करेंगे उन्होंने बताया कि कोविड मरीजों का अब दिन में दो बार स्वास्थ्य बुलेटिन जारी किया जायेगा दिन के ग्यारह बजे और शाम के छह बजे मरीजों के स्वास्थ्य की अद्यतन जानकारी दी जायेगी प्रधान सचिव ने बताया कि अब सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों का पहले कोविड टेस्ट होगा राज्य सरकार ने चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को एक महीने के वेतन के समतुल्य प्रोत्साहन राशि के लिये दो सौ बावन करोड़ रूपये से अधिक की राशि को मंजूरी दी है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने यह जानकारी दी गौरतलब है कि राज्य सरकार ने कोविड उन्नीस की शुरूआत के समय ही चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया था भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा है कि कोविड उन्नीस संक्रमण के उपचार का टीका विकसित करने में अभी कुछ समय लगेगा उन्होंने संक्रमण के सामुदायिक फैलाव को रोकने के लिए लोगों से ऐहतियाती उपाय करने की अपील की है

दूसरा खुद की आत्मरक्षा करने और दूसरों को भी ये संक्रमण से बचा कर रखें इसके लिए हमें ये करना जरूरी है हम जब बाहर जाते हैं मास्क पहन लें और एक दसरे से दो मीटर का फासला जिस हद तक हो सके उस हद तक रखें और तीसरा हाथ को अक्सर पानी और साबन के साथ साफ रखें साबन भी नहीं मिलता है तो कम से कम पानी के साथ साफ कर लें या हैंड सेनिटाइजर का इस्तेमाल कर लें अगर वो उपलब्ध हो तो बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र कल पटना के ज्ञान भवन में आयोजित होगा कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए पहली बार सत्र का आयोजन विधानमंडल परिसर से बाहर किया जा रहा है पहले यह सत्र चार दिनों का निर्धारित था जिसे बाद में सर्वदलीय बैठक में एक दिन का करने पर सहमति बनी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने बताया कि विधानसभा की बैठक चार घंटे चलेगी दिन के ग्यारह बजे से पहली पाली की श्रूआत होगी जिसमें विधायी कार्य निपटाये जायेंग और प्रथम अनुप्रक बजट के साथ साथ राजकीय विधेयकों को पेश किया जायेगा श्री चौधरी ने बताया कि भोजनावकाश के बाद दूसरे सत्र में बाढ़ और कोरोना महामारी को लेकर चर्चा होगी इस एक दिवसीय सत्र में सदस्यों से किसी प्रकार के प्रश्न नहीं लिये जायेंगे सोलहवीं विधानसभा का यह अंतिम सत्र होगा फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की जांच के लिये बिहार सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी विनय कुमार तिवारी को मुंबई भेजा है गौरतलब है कि बिहार पुलिस के चार अधिकारी अभी मुंबई में हैं और मामले की जांच कर रहे हैं नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों में चलायी जा रही योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में नवादा जिले को देश भर में चौथा स्थान मिला है कृषि क्षेत्र में नवादा लगातार दूसरी बार पहले स्थान पर रहा

चौदह जिलों की लगभग पचपन लाख की आबादी प्रभावित

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुए कोरोना पॉजिटिव